स्लग पर्यावरण मंत्री जावडेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने घोषणा की है कि भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्ध पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा प्रकाश जावडेकर ने ये घोषणा कल ब्राजील के साओ पावलो में की इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए जूट और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने को कहा था ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले पांच वर्ष के दृष्टिकोण को लेकर काम कर रहे हैं

स्लग जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर स्थित सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में आज से सामान्य कामकाज शुरू करने का निर्देश दिया उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने के प्रबंध करने के निर्देश भी दिये हैं राज्यपाल ने यह निर्देश सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आयोजन और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद दिये राज्यपाल को बताया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है पूरे राज्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे

अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे

एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पीछे एक समृद्ध परम्परा छोड़ी है जो आने वाले वर्षो में भी बनी रहेगी उन्होंने आर्थिक नीतियों को गति प्रदान की बुनियादी ढांचे से जुड़ी व्याहपक परियोजनाएं शुरु कीं और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया

स्लग अटल श्रद्धांजलि प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किये मुख्यमंत्री ने कहा कि अटलजी का राजनीतिक जीवन दर्शन हमारे लिए प्रेरणास्रोत है उन्होंने जिस विचारधारा के साथ कार्य किया उसका अनुसरण कर आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका रही उधर हरिद्वार में भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष डॉ जयपाल सिंह के साथ ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्दांजलि अर्पित की कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अटलजी को याद करते हुए कहा कि वे एक ऐसा राजनेता रहे हैं जो अपनी पार्टी के साथ ही अन्य दलों के भी प्रिय नेता रहे हैं भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में दर्ज है

राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही उधर चमोली जिले में कल रात को हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है सड़कों पर मलबा आने से कुछ संपर्क मार्ग बाधित हो गए भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की टीमों सतर्क रहने के निर्देश दिये गए हैं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ सड़कें बाधित हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है

कल और परसो भी प्रदेश में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है

जनपद के कुपोषित बच्चों को प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने गोद लिया है इन बच्चों की देखरेख उन्हें पुष्टाहार देने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी

जिन बच्चों को आंगनबाड़ी के जरिये पुष्टाहार दिया जा रहा है उनका भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि बच्चों को नियमित पुष्टाहार दिया जा सके

स्लग बैठक बागेश्वर बागेश्वर में जिला खेलकूल प्रोत्साहन समिति के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाएंगे जिलाधिकारी रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में हुई समिति की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खेलकूल सामग्री उनकी यात्रा आदि पर खर्च होने वाली धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि समिति में जिला क्रीड़ा अधिकारी सदस्य सचिव और कोषाध्य के रूप में कार्य करेंगे इसके अलावा स्थानीय विधायक दो प्रसिद्ध खिलाड़ी और दो प्रसिद्ध आयोजक भी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे आपको बता दें कि बागेश्वर जिले से कई खेल प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है इसलिए समिति द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने में सहायता की जा रही है स्लग रोटावायरस वैक्सीन नवजात शिशुओं को डायरिया से बचाने के लिए अल्मोड़ा जिले में आज रोटा वायरस टीका वैक्सीन का शुभारम्भ किया गया कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि डायरिया के कारण देश में हजारों शिशुओं की अकाल मृत्यु होती है उन्होंने कहा कि रोटावायरस वैक्सीन शिशुओं को डायरिया के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी बचायेगी इससे शिशुओं के मृत्युदर में भी कमी आयेगी

उन्होंने अभिभावकों से स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर अपने बच्चों को रोटावायरस टीका पिलाने की अपील की जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग यह सुनिनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिले का कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे सभी ए एन एम और आशा कार्यकत्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी नवजात शिशुओं को रोटावायरस टीका वैक्सीन पिलाया जाएगा स्लग बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया के देहरादून अंचल कार्यालय की ओर से देश के विकास में राष्ट्रीकृत बैंकों की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई इस मौके पर बैंक के आंचलिक प्रबंधक सर्वेश्वर बेहुरा ने प्रधानमंत्री जन धन योजना अटल पेंशन योजना जन बीमा योजना स्टैंड अप योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना आदि के क्रियान्वयन में बैंकों के योगदान का उल्लेख किया